पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट तथा घोषणा पत्र समिति की अध्यक्ष हरीश चौधरी ने आज सुबह जयपुर में यह घोषणा पत्र जारी किया

उन्होने कहा कि यह केवल घोषणा पत्र नहीं है बल्कि यह पार्टी का संकल्प है

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रत्याशी के निधन की सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी गयी है उन्होंने उम्मीद जताई की आयोग इस सीट पर जल्द ही नया कार्यक्रम घोषित करेगा

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत तथा प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई इस दौरान भाजपा के सलावत खान और धौलपुर के नेता विवेक बोहरा और रविन्द्र बोहरा ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की

उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस बिना सेनापति के चूनाव लड़ रही है कांग्रेस की मनमोहन सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में आतंकी हिन्दुस्तान की सरहद में घूसकर वारदातों को अंजाम देते थे मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राईक के बाद पाकिस्तान को सबक मिल गया है

उन्होंने चोमेला और सुल्तानपुर में भी जनसभाएं की

श्रीमती राजे ने धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में भी जनसभा को संबोधित किया

उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार पर कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया

उन्होंने बयाना और उच्चैन में भी जनसभाएं कीं श्री पायलट ने कहा कि भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है लेकिन कांग्रेस ने संकल्प किया है कि वो विकास की राजनीति करेगी

पार्टी ने दृष्टि पत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्गों को आरक्षण देने राजस्थान के जल संकट के निवारण के लिए विशेष योजना और उर्जा के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने जैसे बिन्दुओं को जगह दी गयी है

साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्मर करेगा